पांच करोड़ तीन लाख से अधिक मतदाता कर सकेगे मताधिकार का उपयोग

पचास हजार हैक्टेयर से अधिक रकबे में हो सकेगी सिंचाई

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इसे गैर संवैधानिक करार दिया हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि विवाहेत्तर संबंध सामाजिक दृष्टि से गलत और तलाक का आधार हो सकते हैं लेकिन यह दण्डनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं

इस सुची के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में पांच करोड़ तीन लाख चौतीस हजार दो सौ साठ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे पिछले चुनाव की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या में आठ फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है कुल मतदाताओं में दो करोड़ बासठ लाख छप्पन हजार एक सौ सत्तावन पुरुष मतदाता हैं जबकि महिला मतदाताओं की संख्या दो करोड़ चालीस लाख छियत्तर हजार छह सौ तिरान्नवे है इस तरह अब एक हजार पुरुष मतदाताओं पर नौ सौ सत्रह महिला मतदाता हैं कुल मतदाताओं में लगभग साढ़े चार लाख दिव्यांग मतदाता तथा एक हजार चार सौ दस थर्ड जेण्डर शामिल हैं प्रदेश में छह अप्रवासी मतदाता भी हैं श्री कांताराव ने सवालों के जवाब में यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस द्वारा फर्जी मतदाताओं को लेकर की गई तमाम शिकायतों की जाँच की गई है और इसके बाद ही अंतिम मतदाता सूची तैयार की गई है मतदाता सूची के निर्माण पर लगभग सौ करोड़ रुपये खर्च हए हैं

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में मध्यप्रदेश नंबर वन बन गया है श्री गांधी ने आज चित्रकूट से संकल्प यात्रा की शुरूआत करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करेगी और जीएसटी को अपने सही स्वरूप में लेकर आयेगी राहल गांधी सतना और रीवा के दो दिवसीय प्रवास पर हैं इस दौरान श्री गांधी रीवा और सतना में रोड शो और जनसभा कर रहे हैं संकल्प यात्रा में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई नेता शामिल हो रहे हैं श्री गांधी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किये गये हैं

इसके साथ ही इन्दौर से धार तक डाली गई रेलवे लाइन के बीच तीन किलोमीटर की टेनल और महू में बनाई गई रेलवे स्टेशन बिल्डिंग का लोकार्पण भी किया

इस अवसर पर उनके सम्मान में सौं रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किया जायेगा इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को लेकर सेमीनार कार्यशाला व्याख्यानमाला जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होगा इन आयोजनों के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है

इस योजना का लाभ लेकर महिलायें न केवल अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं बल्कि वे अन्य महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं

झाबुआ अलीराजपुर धार बड़वानी खरगौन खण्डवा और रतलाम क्षेत्रों में इस पर्व की इन दिनों खासी धूम है मान्यता के अनुसार संजा बाई का पर्व माता पार्वती के ससुराल से अपने मायके आने पर सहेलियों के साथ रहने और खेलने कूदने के तौर पर मनाया जाता है साथ ही कन्यायें अच्छे वर और घर के लिए प्रार्थना करती हैं

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

श्री चौहान ने आज इन्दौर के देपालपुर में नर्मदा के संगम स्थल बड़ी कलमेर में नर्मदा मालवा लिंक योजना का लोकार्पण करते हुए ये बात कही

इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी मौजूद थीं

इसके अलावा तीन साल से बेस्ट ट्ररिज्म स्टेट के रूप में हॉल ऑफ फेम का नेशनल अवार्ड भी मध्यप्रदेश को मिला है केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा आज विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार केजे अल्फोन्स ने यह अवार्ड प्रदान किये इस मौके पर मध्यप्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री सुरेन्द्र पटवा पर्यटन निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक समेत विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यटन विभाग की संपूर्ण टीम संबंधित विभाग और संस्थाओं को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है

एक बयान में आयोग ने कहा है कि भविष्य में होने वाले आम चुनावों और राज्य विधानसभाओं के उपचुनावों में वह सभी मतदान केन्द्रों पर शत प्रतिशत वीवीपैट मशीन लगाने के लिए प्रतिबद्ध है

इस योजना के तहत दो हजार पांच सौ नब्बे हैक्टेयर रकबे में सिंचाई की जा सकेगी